सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोविड महामारी का असर कम करने के लिए वैक्सीन की समान रूप से उपलब्यता पर बल दिया है उन्होंने वैश्विक समुदाय से दुनियाभर में समी को तेजी से वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से इसके अनुसंधान विकास और विनिर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया है डॉ हर्षवर्धन ने सबके लिए एक वैक्सीन विषय पर आर्थिक और सामाजिक परिषद की मंत्री स्तरीय विशेष बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक समुदाय के समक्ष दवाओं की पहुंच सामर्थय उपलब्धता और वितरण की चुनौती है उन्होंने कहा कि कोविड टीके के वितरण में वैश्विक सहयोग की कमी से गरीब देश प्रभावित होंगे डॉ हर्षवर्धन ने सभी देशों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन विकसित होकर फैल रहे हैं

उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों को टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है

दूसरी तरफ हिन्दूस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ के कोविड अस्पतालों में सभी कोविड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रशासन की मदद कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार कोविड अस्पतालों में समी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग को विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सिजन आपूर्ति की निगरानी करने को कहा है उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सिजन की कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री ने राज्य में रेमडेसिविर इन्जेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है

ऐसा कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है इस दौरान आपातकालीन सेवाएं टीकाकरण और जागरूकता अभियान जारी रहेगा पूर्व निर्धारित परीक्षाएं और औद्योगिक ईकाइया भी सामान्य रूप से काम करेंगी

प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि दो शाही स्नान संपन्न होने को देखते हुए कुंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अक्वेशानद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशानिर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए न आए उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं विंध्याचल रिथत श्री विंध्य पंडा समाज तथा नगर विधायक पं रत्नाकर मिश्र के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि आज रात्रि में लॉकडाउन लगने के पश्चात मॉ विंध्यवासिनी मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया जायेगा वर्तमान में चल रहे नवरात्र मेले को रद्द करने तथा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई जिसमें पंडा समाज एवं नगर विधायक ने मिलकर निर्णय लिया कि नवरात्र के नवमी तिथि तक मॉ का सिर्फ श्रंगार पूजन करने के लिए मंदेर का कपाट खोला जायेगा साथ ही साथ नवरात्र मेले में आने वाले दर्शनार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दर्शन पूजन करने के लिए विंध्याचल ना आयें क्योंकि मंदिर का कपाट सभी के लिए बंद कर दिया गया है

आज पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की जयंती है बलिया जिले में स्थित उनके मूर्ति पर कोविड नियमों के तहत लोगों द्वारा माल्यार्पण किया गया और सादगीपूर्ण उनकी जयंती मनाई गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी है श्री मोदी ने कहा कि दिवंगत नेता की सादगी और सामाजिक शक्तीकरण की प्रतिबद्वता के लिए सभी पार्टी के लोग उनका सम्मान करते थे